और औली में राष्ट्रीय नार्डिक एवं अल्पाइन और स्की बोर्डिंग प्रतियोगिताओं का हुआ समापन स्लग पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश को अस्थिर करने की दुश्मन की कार्रवाई पर राष्ट्र एकजुट है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एकजुट होकर काम करेगा आगे बढ़ेगा और एकजुट होकर लड़ेगा और जीतेगा देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए संवाद करते हुए उन्होंरने कहा कि देश को अपने सुरक्षाबलों पर भरोसा है श्री मोदी ने कहा कि देश अपनी रक्षा करने वाले सैनिकों का आभारी हैं जिनकी वजह से भारत विकास के नए स्तर पर पहुंच सकता है

श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा कि आम चुनाव में एक छोटी सी गलती भी देश को फिर से भ्रष्टाचार और घोटालों के युग में ले जाएगी स्लग पायलट सीमा पर जारी भारी तनाव और भारतीय सेना के संभावित एक्शन से घबराए पाकिस्तान ने भारतीय वायु सेना के पायलट अभिनंदन को छोड़ने की घोषणा कर दी है पाक संसद के साझा सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि हम भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को कल रिहा कर देंगे गौरतलब है कि भारत ने कल पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में समन किया और भारतीय वाय् सेना के पायलट की फौरन सुरक्षित वापसी की मांग की एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि भारतीय सुरक्षा कर्मी को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए भारत ने घायल रक्षा कर्मी को भद्दे तरीके से प्रदर्शित किए जाने पर कड़ी आपत्ति की और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून तथा जिनेवा संधि का उल्लंघन है स्लग बोर्ड परीक्षा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित की जा रही बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरु होने जा रही है परीक्षाओं को लेकर उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है

बोर्ड परीक्षाओं को सफल बनाने के लिए जिला स्तर पर सचल दल का गठन भी किया गया है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार अन्य अस्पतालों को भी प्रेरित करने में मददगार होंगे स्लग अजय टम्टा शिलान्यास केन्द्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कोने कोने तक सम्पर्क मार्गो को जोड़ते हए विकास की ध्री तय की है प्रदेश को चारधाम विकास योजना के साथ ही भारत माला योजना से जोड़कर विकास के नए आयाम स्थापित किये हैं चंपावत जिले के टनकपुरध्बनबसा में केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास किया उन्होंने छटकोट से पाली धौन बढोली सिप्टी अमकड़िया मोटरमार्ग सहित विभिन्न स्थानों में निर्मित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण कार्यो का शिलान्यास किया उन्होंने कहा कि पूरे देश में उत्तराखंड के विकास के लिए सबसे अधिक धनराशि खर्च हुई है जो अपने आप मे एक कीर्तिमान है

राज्य सरकार ने इसके लिये नीतियों में बदलाव करते हुए इसे निवेश के अनुकूल भी बनाया है

गदरपुर निवासी आशा रानी का कहना है कि पहले डायलिसिस के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते थे

आयुष्मान कार्ड से अपना डायलिसिस करा रहे हरिशंकर सक्सेना का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना के कारण आज गरीब आदमी भी अपना इलाज करा सकता है

स्कीइंग प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारी बर्फबारी के बीच खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट खेल का प्रर्दशन किया

आईटीबीपी की बबीता ने गोल्ड भावना खोलिया ने सिलवर और राखी ने कांस्य पदक हासिल किया वही प्रूष वर्ग में एसएससीबी आर्मी के जगदीश सिंह ने गोल्ड एसएससीबी आर्मी के ही मनबहादुर गुरंग ने सिलवर और दिल्ली के प्रवीन क्मार ने कांस्य पदक जीता प्रूष पैरलल ज्वाइंट स्लालम प्रतियोगिता में आईटीबीपी के अतुल भट्ट ने गोल्ड एसएससीबी आर्मी के अशीफ अंजीज ने सिलवर और एसएससीबी आर्मी के ही सुनील कुमार ने कांस्य पदक पर कब्जा किया महिला पैरेलल ज्वाइंट स्लालम प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम का दबदबा रहा इसमें हिमाचल टीम की आंचल ठाकुर ने गोल्ड संध्या ठाकुर ने सिलवर और वर्षा ठाकुर ने कांस्य पर पर कब्जा जमाया

इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी पावर रन के साथ ही लॉन्ग वॉक रैपलिंग रॉक क्लाइम्बिंग जैसे अवरोधकों को पार करते हुए रेस करेंगे प्रतिभागियों को हर्डल रेस से पहले सात दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा

जिलाधिकारी डा आशीष चौहान ने बताया कि भविष्य में बाहरी लोग भी इन साहसिक खेलों में प्रतिभाग करेंगे संक्षिप्त समाचार अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री कौषल विकास रोजगार मेला आयोजित किया गया

इसमें भारी संख्या में बेरोजगार और शिक्षित युवाओं ने भागीदारी की इस मौके पर केन्द्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि कौशल भारत सशक्त भारत का लक्ष्य पूरा हो रहा है नई टिहरी के बौराड़ी में हिलांस कृषि मेला शुरू हो गया है इस अवसर पर टिहरी के विधायक धन सिंह नेगी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है

पौड़ी जिले के मोतीबाग सांगुड़ा में उद्यान विभाग ने एक जनपदस्तरीय संगोष्ठी आयोजित की यह संगोष्ठी प्रगतिशील किसान विद्यादत्त शर्मा द्वारा उत्पादित मूला के रिकार्ड मूल्यांकन के उपलक्ष्य में आयोजित की गई